राष्ट्रपति के दौरे को लेकर राजधानी में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं इस अवसर पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी मौजूद रहेंगे राष्ट्रपति समारोह के बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे बाल मित्र प्रदेश सरकार युवाओं को नशे की बुराई से दूर रखने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है इसी कड़ी में राज्य के सभी विद्यालयों में दो अध्यापकों को बाल मित्र बनाया गया है जो प्रत्येक बच्चे की गतिविधियों पर नजर रखेंगे राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष किरण घांटा ने यह जानकारी दी है उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा आओ दोस्ती निभाएं नशे को दूर मगाएं के उद्देश्य को लेकर एक अभियान चलाया गया है जिसमें स्कूली विद्यार्थियों की अहम भूमिका रहेगी

यह सम्मान महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में असाधारण कार्य करने वाली महिलाओं व संस्थाओं को दिया जाता है यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है किन्नौर महोत्सव किन्नौर का राज्य स्तरीय जनजातीय महोत्सव आज से शुरू हो रहा है

सुरक्षा को देखते हुए मेला क्षेत्र में नाईट वीजन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं इस दौरान किन्नौरी उत्पादों की बिकी करने वालों को निशुल्क स्टॉल दिए जाएंगे और प्रदर्शिनियां भी लगाई जाएगी महोत्सव का शुभारंभ वन निगम के उपाध्यक्ष सूरत सिंह नेगी करेंगे हॉकी टूर्नामेंट मेजर ध्यानचंद राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता आज से ऊना के इंदिरा गांधी खेल परिसर में शुरू होगी

प्रतियोगिता का शुभारंभ ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर करेंगे एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हिमाचल दौरे को अपनी प्रमुख खबर बनाया है पंजाब केसरी की सुर्खी है डाक्टरी केवल अजीविका पाने का साधन नहीं बल्कि सेवा का मार्ग अमर उजाला का शीर्षक है इलाज के लिए आए मरीजों को मेडिकल केस नहीं इंसान समझें डॉक्टर दैनिक जागरण के शब्द हैं मरीज मेडिकल केस से पहले इंसान दिव्य हिमाचल व अजीत समाचार लिखता है पहाड़ी राज्यों के लिए विकास का मॉडल बना हिमाचल हिमाचल दस्तक का कहना है डाक्टर में क्षमता और करूणा जरूरी आपका फैसला के मुताबिक पेशे को अजीविका का साधन नहीं बल्कि मानव सेवा समझे डॉक्टर अमर उजाला की एक खबर है सालाना एक हजार देकर परिवार को पांच लाख का सुरक्षा कवच हिमाचल में संशोधित यूनिवर्सल हैल्थ प्रोटैक्शन स्कीम लागू समी को मिलेगा लाम

आपका फैसला की एक खबर है लाहौल के आलू से हटी रोक देश सहित विदेशों में होगी सप्लाई

धर्मशाला में प्री वर्ल्ड कप से पहले घायल हुए एनआरआई पायलट के संबंध में दैनिक भास्कर ने खबर को सुर्खी दी है इलाज में लापरवाही पर एमएस को शोकॉज नोटिस रेडियोग्राफर सस्पेंड

एक नजर संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय स्वास्थ्य क्षेत्र में उम्मीद में लिखा है हिमाचल प्रदेश में सरकारी चिकित्सा संस्थानों में डाक्टरों व अन्य स्टाफ की कमी को दूर करके ही लोगों को घर द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के सपने को साकार किया जा सकता है दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय में लिखा है प्रदेश की समूची पर्यटन इंडस्ट्री की काउंसलिंग तथा सतर्कता के पैमाने तय न किए तो बदनामी के छोटे छोटे किस्से आगे चलकर घातक हो जाएंगे शीर्षक है सैलानियों पर बुरी नजर